शारदीय नवरात्र के आज अंतिम दिन महानवमी पर माँ दूर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है हिन्दू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ का यह स्वरूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं खोइंछा भरने को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर पहुंच रही हैं कई जगहों पर सामूहिक कन्या पूजन का भी आयोजन किया जा रहा है मंदिरों में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है शहरी इलाकों में पंडालों का आकर्षण देखते ही बन रहा है पंडालों में स्वच्छता और सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के संदेश भी दिये गये हैं इधर दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं प्रदेशभर में मंदिरों और पूजा पंडालों में सुरक्षाबलों की तैनाती की गयी है संवेदनशील स्थानों पर अर्द्व सैनिक बल और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है पंडालों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें अलर्ट पर रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों में विशेष चौकसी बरती जा रही है प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है राज्यपाल लालजी टंडन ने दुर्गा पूजा और विजयादशमी की लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक सद्भाव के माहौल में पर्व मनाने की अपील की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि दुर्गाप्रजा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है उन्होंने प्रदेशवासियों से सच्चाई के रास्ते पर चलने की अपील की उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के उपसभापति हारूण रशीद ने दुर्गा पूजा पर लोगों को बधाई दी है

प्रदेश के तीन अन्य उत्पादों जर्दालु आम कतरनी चावल और मगही पान को पहले से यह प्रमाण पत्र मिल चुका है

यह टैग सुनिश्चित करता है कि यह उत्पाद किसी खास क्षेत्र में ही पाया जाता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है श्री अकबर ने मी टू अभियान के तहत अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को देखते हुए इस्तीफा दिया है वे पहले ही इस बारे में मानहानि का मुकदमा दायर कर चुके हैं अगले वर्ष होने वाली हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी जबकि इसके लिए ऑफ लाइन आवेदन बाईस अक्तूबर से लिये जाएंगे केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि दो हजार उन्नीस की हज यात्रा की प्रक्रिया जल्द शुरू होने से भारत और सऊदी अरब के अधिकारियों को इंतजाम करने के लिए काफी समय मिल जाएगा और जायरीन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी उन्होंने कहा कि जायरीन की सुरक्षा और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है बेगूसराय जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर एके सैंतालीस राइफल और एसएलआर की गोलियों के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद किये हैं पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मुशेचक गांव में दिलीप यादव के घर से दो सौ दस कारतूस एक देसी कट्टा और चार पिस्टल बरामद किया है इसके अलावा एसएलआर के सड़सठ थ्री फिफ्टीन बोर के सतानवे और एके सैंतालीस के चौवालीस और इंसास राइफल के बयालीस कारतूस बरामद किये गये हैं इस सिलसिले में गृहस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया वहीं जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस रायफल तस्कारी मामले में पुलिस ने पटना और कोलकता में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है छापेमारी के दौरान पटना से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ की जा रही है मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी जितेन्द्र मिश्र ने बताया कि बेगूसराय में मिले कारतूस की भी इस तस्करी मामले से तार जुड़ने की संभावना है उन्होंने कहा कि बेगूसराय से गिरफ्तार अपराधियों से भी पूछताछ की जायेगी प्रदेश के नक्सल प्रभावित ग्यारह जिलों के छियालीस प्रखंडों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण करवाया जायेगा जिन टोलों में सौ लोगों की आबादी है वहां भी सड़कें बनेंगी और उसे मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा पहले एक हजार की आबादी वाले टोलों को सड़कों को जोड़ा जायेगा इसके बाद पांच सौ और ढाई सौ आबादी वाले टोलों में सड़कें बनेगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और बेटी से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा सूत्रों ने बताया कि धन शोधन कानून के तहत मामला दर्ज होने के बाद जल्द ही सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया जायेगा निदेशालय के अनुसार ब्रजेश ठाकुर ने अवैध ढंग से सरकार से राशि ली और उससे संपत्तियां अर्जित की सीवान जिले के महाराजगंज से मशरख के बीच नवनिर्मित रेल लाईन पर इक्कीस अक्टूबर से ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा इस रेलखंड का उद्घाटन करेंगे वाराणसी मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पहले इस रेलखंड पर एक यात्री ट्रेन का परिचालन किया जायेगा बाद में अन्य गाड़ियों का परिचालन शुरू होगा प्रदेश के तेईस जिलों के सूखाग्रस्त घोषित दो सौ छह प्रखंडों में किसानों से बाईस अक्टूबर से सूखा अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे जिन किसानों की फसल सूख रही है उन्हें साक्ष्य के साथ आवेदन देना होगा आवेदन से पहले किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा कृषि विभाग के अनुसार अनुदान देने की प्रक्रिया वहीं होगी जो डीजल अनुदान में लागू होती है मानकों पर खरा उतरने वाले किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में अनुदान की राशि भेजी जायेगी पटना के रूकनपुरा फ्लाईओवर पर देर रात दो मोटरसाईकिलों के बीच हुई टक्कर में तीन यूवकों की मौत हो गयी जबकि एक यूवक गंभीर रूप से घायल हो गया सारण जिला पुलिस ने लंबे समय से फरार नक्सली राम दुलार भगत को गिरफ्तार कर लिया है

समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के हनुमाननगर चौक के पास अपराधियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक समेत दो लोगों को गोली मारकर घायल कर चार लाख रुपये लूट लिए वहीं नालंदा जिले के बिहारशरीफ के नईसराय स्थित एसबीआई शाखा के कैशियर से अपराधियों ने चार लाख रुपये लूट लिये वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित नामीडीह गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से बीस लाख रूपये से अधिक मूल्य की चार सौ कार्टन शराब बरामद की है इस मामले में गृहस्वामी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है अंततः अकबर को जाना पड़ा यौन उत्पीड़न के आरोपों पर विदेश राज्य मंत्री का इस्तीफा दैनिक जागरण की सुर्खी है सबरीमाला मंदिर में नहीं मिला महिलाओं को प्रवेश दैनिक भास्कर लिखता है ब्रजेश ठाकुर ने अवैध ढंग से सरकार से लिया फंड ईडी प्रभात खबर ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है बौद्ध सर्किट प्रोजेक्ट दो हजार बीस तक पूरा होगा आज ने लिखा है पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की संपत्ति जब्त अखबारों ने दुर्गा पूजा से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है